प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि विदेशों में रह रहे भारतवंशी स्टार्ट अप स्टैंड अप जैसे कार्यक्रम और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा कर भारत के विकास में अपना सहयोग दे सकते हैं आज वाराणसी में पन्द्रहवें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने भारतवंशियों से कहा कि वे अपने पूर्वजों की धरती के विकास में अपनी भूमिका बढ़ायें बाईट साथियों मैं आपको भारत का ब्रैंड एम्बेस्डर मानने के साथ ही भारत के सामर्थ और भारत की क्षमताओं देश की विशेषताओं का प्रतिनिधि भी और प्रतीक भी मानता हूं इसलिए ही आप अभी जिस देश में भी रह रहे हैं वहां के समाज को भी आपने अपनापन दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने भारतवंशियों के हित में कई कदम उठाये हैं जिनमें पासपोर्ट सेवा के क्षेत्र में कुछ नई सुविधाएं और ई वीजा की योजना शामिल है बाईट बीते साढ़े चार वर्षों के दौरान संकट में फंसे दो लाख से ज्यादा भारतीयों को सरकार के प्रयासों से दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में मदद पहुंचाई गई आपकी सोशल सिक्युरिटी के साथ साथ पासपोर्ट वीजा पीआईओ और ओसीआई कार्ड को लेकर भी तमाम प्रक्रियाओं को आसान करने की कोशिश सरकार कर रही है चुनाव आयोग ने ब्रिटेन में एक हैकर द्वारा ईवीएम हैक किये जाने के दावे के मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने को कहा है दिल्ली के पुलिस आयुक्त को लिखे एक पत्र में आयोग ने निर्देश दिया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा पांच सौ पांच ए और बी के तहत मामला दर्ज कर इसकी तत्काल जांच शुरू की जाए इससे पूर्व निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ के किसी भी संभावना को खारिज करते हुए कहा था कि वह अपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के फुलप्रूफ होने के तथ्य पर कायम है भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि लंदन में ईवीएम हैकाथॉन कार्यक्रम कांग्रेस का राजनीतिक स्टंट है आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस दो हजार चौदह के जनादेश और चुनाव आयोग को बदनाम करने का प्रयास कर रही है बाईट हमारी पार्टी हमारे नेता खिलाफ जो बार बार इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्रमाइज करने का आरोप लगा रहे हैं उसकी सबसे बड़ी आरोपी है कांग्रेस पार्टी जो सुनियोजित तरीके से भारत की संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं की अस्मिता को कमजोर कर रही है कांग्रेस ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की हैकिंग पर लंदन में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में पार्टी नेता कपिल सिब्बल की मौजूदगी से खुद को अलग कर लिया है पार्टी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि श्री सिब्बल को सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था लेकिन वे वहां कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं गए थे

मुजफ्फरपुर में आज संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री रूडी ने कहा कि कॉग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन हताशा का शिकार है और झूठे प्रपंच रच रहा है उन्होंने कहा कि देश विपक्ष के झूठ को समझ चुका है और एक बार फिर नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ही विश्वास दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है पूर्व केन्द्रीय मंत्री शरद यादव ने अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल के उपेन्द्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में विलय की खबरों से इनकार किया है श्री यादव ने कहा है कि इस विषय में निहित स्वार्थ के चलते कुछ लोग मनगढंत खबरें चला रहे हैं सीबीआई ने सुपौल जिले में बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक को पचास हजार रूपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है सूत्रों ने बताया कि एक व्यक्ति की शिकायत पर जिले के सिमराही शाखा के मैनेजर अमर कुमार को गिरफ्तार किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक इसे बिहार बोर्ड की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट बीएसईबी रजिस्ट्रेशन डॉट कॉम से डाउनलोड कर सकते हैं कदाचार और नकल रोकने के लिए इस बार की परीक्षा में परीक्षार्थियों पर जूता मोजा पहनकर परीक्षा हॉल में प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है

मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक आसमान में बादल छाये रहने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना जतायी है इस दौरान पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण गोपालगंज सीतामढ़ी मधुबनी वैशाली शिवहर पटना गया और नालंदा जिले में कुछ स्थानों पर गरज के साथ छीटें पड़ सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर मोकामा फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है आज पटना में पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों को भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने को कहा मुख्यमंत्री ने मोकामा में राजेन्द्र सेतु के समानांतर नये छह लेन गंगा ब्रिज के निर्माण में तेजी लाने और इसके पहुंच पथ को शीघ्र ठीक करने के लिए विशेष निर्देश दिये इसके अलावा उन्होंने मुंगेर घाट खगड़िया रोड सह रेल ब्रिज के पहुंच पथ का निर्माण सुल्तानगंज से अगुवानी घाट पुल का निर्माण और मुंगेर भागलपुर मिर्जा चौकी फोरलेन पथ समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा की उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि बिहार तेज गति से आर्थिक तरक्की कर रहे बारह राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है श्री मोदी ने कहा कि राज्य की विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से अधिक रही है उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष दो हजार सत्रह अठारह के दौरान बिहार में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर ग्यारह दशमलव तीन प्रतिशत रही राज्य में बाहरी मछली की बिक्री और भंडारण पर लगे प्रतिबंध पर विचार के लिए सरकार ने कल महत्वपूर्ण बैठक बुलायी है आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्र बाबू नायडू ने राज्य सरकार को लिखे पत्र में इस फैसले पर पुर्नर्विचार करने को कहा था इधर राज्य स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज अठारह स्थानों से मछली के सैम्पल लिये और इन सैम्पल में खतरनाक रसायन फार्मलिन की प्रयोगशाला जांच के लिए कोलकाता भेजा है राज्यपाल लालजी टंडन ने आज पटना में राजभवन में आयोजित समारोह में तिरपन अमर शहीदों की वीर नारियों को सम्मानित किया इस अवसर पर श्री टंडन ने कहा कि सैनिकों और शहीद के परिवारों तक सरकार की ओर से चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ सहज और सुलभ तरीके से पहुंचाया जाना चाहिए प्रदेश में किशोर किशोरियों के बीच एनिमिया को दूर करने के लिए आज से साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड वितरण सप्ताह की शुरूआत हुई स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने पटना में आयोजित एक समारोह में इसकी शुरूआत की इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक सप्ताह बुधवार को छठी से बारहवीं कक्षा तक पढ़ने वाले एक करोड़ उनसठ लाख छात्र छात्राओं को और आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आयरन और फोलिक एसिड की गोली मुफ्त दी जायेगी वैशाली जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र में एक बंद फैक्ट्री में अगलगी की घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है

मुजफ्फरपुर जिले में विभिन्न थानों में पदस्थापित अठारह दारोगा को कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में नगर पुलिस अधीक्षक ने नोटिस जारी किया है निगरानी विभाग की दो सदस्यीय टीम ने आज लखीसराय पहुंचकर कारा विभाग में गबन की जांच शुरू की खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र के जालिमाबाद टोला से एसटीएफ ने दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से दो पिस्तौल चार देसी पिस्तौल और पन्द्रह कारतूस बरामद किये हैं मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र से पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में शराब और तीन लाख रूपया नकद बरामद किया है